कोरोना झारखंड राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के छह सौ छब्बीस नए मामले सामने आए जबकि कल एक दिन में छह सौ अस्सी संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए जिन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देकर अस्पताल से छुटटी दी गई कल राजधानी रांची से सबसे अधिक दो सौ सड़सठ संक्रमित मरीज मिलें

इधर राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पन्द्रह हजार सात सौ छप्पन हो गई है राज्य में कुल छह हजार पांच सौ चौरानबे संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं जबकि नौ हजार सत्रह मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है पिछले चौबीस घंटे में राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर इकतालीस दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गई है

जिले में पिछले दो दिनों में भीतर उनचास नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

इसमें जिला पुलिस सीआरपीएफ के अलावे जिले के कई आम नागरिक भी शामिल हैं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन व स्वस्थ विभाग ने तत्काल उन्हें नजदीक के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया है

जांच जारी जामताड़ा जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे अनुबंध कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद भी कोरोना की नियमित जांच जारी है कोविड अस्पताल के चिकित्सक डॉ अजीत कुमार दुबे ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाकर कुल एक सौ तिरासी लोगों का नमूना संग्रह किया गया है जिसकी जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिले से किसी भी व्यक्ति को ना तो रेफर किया गया है और ना ही किसी की मृत्यु हुई है

सभी स्वस्थ हुए लोगों को चिकित्सीय सलाह के साथ साथ सात दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है सभी स्वस्थ्य हुए व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर आवश्यक सतर्कता बरतने को कहा गया है जिले के लिए अच्छी बात रही कि कल एक भी कोरोना पॉजिटिव का मामला नहीं आया

सिविल सर्जन डॉ एस पी मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि जिले में चार सौ सत्ताइस एक्टिव कोरोना मरीज हैं

जेल में ही सभी दो सौ सत्तर कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिला प्रशासन कोरोना संकमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कोविड सेंटर में बेड की संख्या बढ़ा रहा है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

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता क्मार राजा ने राज्य सरकार से अधिक उम्र के बंद कैदियों को रिहा करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि होटवार स्थित जेल में पूर्व कृषि मंत्री श्री योगेन्द्र साव भी बन्द हैं जिनकी उम्र पच्चास साल के अधिक है उन्हें कई बीमारियां भी हैं और ऐसे में उनमें संक्रमण का खतरा अधिक है इसलिए पूर्व मंत्री समेत सभी उम्रदराज बंदियों को सरकार तत्काल विशेष राहत देकर मुक्त करे

श्री सिंह कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे

सरकार ने चेतावनी देते हए कहा है कि अगर आज हडताल में शामिल स्वास्थ्य कर्मी काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्हें बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी स्वास्थ्य विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया है सभी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर हैं जिससे स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में आयोजित सम्मोलन को संबोधित करेंगे इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस के जरिये किया जा रहा है

इनमें समग्र शिक्षा बहविषयीय और भावी शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग जैसे विषय शामिल हैं

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में नये जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अहमदाबाद के एक कोविड अस्पताल में आग लगने से आठ मरीजों की मौत पर गहरा दुख जताया है

इसके साथ ही सभी अखबारों ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को जगह दी है किसानों को युरिया खाद महंगे दामों में बेचे जाने की खबर को प्रभात खबर ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है दैनिक हिन्दुस्तान ने भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा कर्ज के पूर्नगठन को मंजुरी दिए जाने की खबर को लोन की किष्त पर बड़ी राहत शीर्षक से अपनी पहली खबर बनाया है हिन्दुस्तान ने बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के प्रस्ताव पर मंजुरी मिलने की खबर को भी जगह दी है दैनिक भास्कर ने देश में बीस लाख कोरोना मरीज होने की खबर को प्रमुखता दी है अखबार ने यह भी लिखा है पहली बार सक्रिय मरीज बढ़ने की दर गिरकर एक प्रतिशत हई